हर जरूरी वर्ग तक टीके की पहुंच सुनिश्चित की जायेगी

सबसे अधिक एक सौ उनचास मामले पटना में दर्ज किये गये सीबीएसई बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं चार मई से शुरू होंगी

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

उन्होंने कहा कि कोविड टीका लगाने की तैयारियां जोर शोर से जारी है श्री मोदी आज गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखने के बाद वीडियो कांफ्रेंस के जरिये एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे साउंड बाईट कोरोना से पीडि़त साथियों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया से वहत बेहतर रहा है वहीं अव संक्रमण के मामले में भी भारत लगातार नीचे की तरफ जा रहा है

वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष का यह अंतिम दिन भारत के कोरोना योद्वाओं को याद करने का है साउंड बाईट आज देश उन साथियों को उन वैज्ञानिकों को उन कर्मचारियों को भी बार बार याद कर रहा है जो कोरोना के लिए जरूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में दिन रात जुटे रहे हैं आज का दिन उन सभी साथियों की सराहना का है जिन्होंने इस मुश्किल दौर में गरीब तक भोजन और दूसरी सुविधाए पहुंचाने मेँ पूरे समर्पण के साथ काम किया इतना लंबा समय इतनी बड़ी आपदा लेकिन ये समाज की सामूहिक संगठित ताकत समाज का सेवा भाव समाज की संवेदनशीलता उसी का नतीजा है कि देशवासियों ने किसी गरीव को भी इस कठिनाई भरे दिनों में रात को भूखा सोने नहीं दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी की चूनौतियों का देश ने एकजूटता के साथ प्रभावी तरीके से सामना किया है

ये साल पुरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य के रूप में अमृतपूर्व चुनौतियों का साल रहा है इस साल ने दिखाया है कि स्वास्थ्य ही सम्पदा है

आयूष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से उन गरीब लोगों को बहुत लाभ हुआ है जो पैसे की कमी के कारण अच्छा उपचार नहीं करा पाते थे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लगभग सात हजार जन औषधि केन्द्र गरीबों को बहत ही कम कीमत पर दवाईयां उपलब्ध करा रहे हैं साउंड बाईट गरीबों का एक और साथी है जन औषधि केन्द्र देश में लगभग सात हजार जन औषधि केन्द्र गरीबों को बहुत ही कम कीमत पर दवाईयां उपलब्ध करा रहा है इन जन औषधि केन्द्रों पर दवाईयां करीब करीब नव्वे प्रतिशत तक सस्ती होती हैं यानि सौ रूपये की दवाई दस रूपये में मिलती है

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के तीन सौ बानवे नये मामलों की पुष्टि हुई है आज सबसे अधिक एक सौ उनचास मामले पटना जिले से सामने आये हैं प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले दर्ज किये गये हैं प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या पांच हजार बारह है वहीं इस महामारी से स्वस्थ होने की दर भी संतानवे प्रतिशत से अधिक हो गई है अब तक राज्य में लगभग दो लाख सैंतालीस हजार मरीज संक्रमण से ठीक हुए देश में कोविड उन्नीस के टीके को लगाए जाने का अभ्यास अगले महीने दो तारीख से शुरू होगा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 केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस तैयारी के लिए राज्यों के मुख्य सचिव स्वास्थ्य और अन्य संबंधित लोगों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम तीन स्थानों पर इस टीकाकरण अभ्यास को किया जाएगा कुछ राज्यों में च्रनिंदा जिलों में भी यह अभ्यास किया जाएगा वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए लोगों से सभी एहतियाती उपायों का पालन करने की अपील की है उन्होंने कहा कि टीका आने के बाद भी लोगों को टीकाकरण की अपनी बारी के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार कदम उठाना चाहिए साउंड बाईट हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग संक्रमित न हो इस बीमारी से जिसके लिए बार बार कहते हैं कि वैक्सीनेशन जब तक नहीं आता तब तक हमें सोशल डिस्टॅस मेंटेन रखना है मास्क रखना है अपने हाथों को बार बार साफ करना है और भीड़ भाड़ जगहों से दूर रहना है हमें समझना भी होगा कि एक बार में इतने वैक्सीनेशन नहीं बन सकते इस लिए वैक्सीनेशन आ भी जाये तो उसके लिए जो गर्वमेंट प्रॉयटी दे उसको ध्यान से सुने और उसी के अनुसार हम अपने वैक्सीनेशन का इंतजार करें जूनियर डॉक्टरों की नौ दिन से जारी हड़ताल समाप्त हो गयी है अब से थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ बातचीत के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया है जूनियर डॉक्टर आज रात से ही काम पर लौट आयेंगे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों की जायज मांगों को पूरा किया जायेगा गौरतलब है कि जूनियर डॉक्टर स्टाईपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर थे सीबीएसई बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं अगले वर्ष चार मई से शुरू होंगी और दस जून तक चलेगी केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज इसकी घोषणा की उन्होंने कहा कि पंद्रह जुलाई तक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे देश में कल से सभी वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य हो जायेगा यात्रियों को इससे यह सुविधा होगी कि उन्हें टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए रूकना नहीं पड़ेगा इससे समय और ईधन की बचत होगी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले महीने अधिसूचना जारी करके उन पुराने वाहनों पर भी एक जनवरी दो हजार इक्कीस से फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया जिन्हें एक दिसम्बर दो हजार सत्रह से पहले खरीदा गया था मंत्रालय ने कहा कि फास्टैग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ताकि सभी गाड़ियों पर लोग फास्टैग अपनी सुविधा के अनुसार लगवा सकें पिछले सप्ताह मंत्रालय ने कहा था कि अभी तक दो करोड़ बीस लाख से अधिक फास्टैग जारी किये जा चुके हैं देश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सभी टोल प्लाजा पर अनिवार्य रूप से और तीस हजार से अधिक अन्य जगहों पर फास्टैग बिक्री के लिए आसानी से उपलब्ध हैं फास्टैग को अमेजन फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के माध्यम से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच सातवें दौर की बातचीत चार जनवरी को होगी नई दिल्ली में कल किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्र सरकार की छठे दौर की बातचीत सम्पन्न हुई बैठक में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हुए बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत अच्छे वातावरण में सकारात्मक रूप से संपन्न हुई साउंड बाईट किसान यूनियन के नेताओं ने जो चार विषय चर्चा के लिए रखे थे उनमें दो विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है पहला जो एन्वायमेंट से सम्बंधित ऑर्डिनेस है उसमें पराली और किसान सम्मिलित है उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं आना चाहिए और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है

किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्यत की सबसिडी दी जाती है जो राज्य जिस प्रकार से पहले से देत रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए ऐसी युनियन्स की मांग थी उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया बाजार में प्रवासी कामगारों द्वारा लगाये गये औद्योगिक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया इस अवसर पर श्री कुमार ने कहा कि प्रवासी मजदूरों ने लॉकडाउन की चुनौती को अवसर में बदला है और एक नया उदाहरण पेश किया है उन्होंने लोगों को रोजगार देने के लिये स्थापित किये गये स्टार्ट अप जोन की सराहना की मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति को रोजगार सूजन के अनुरूप बनाया गया है उन्होंने कहा कि जो लोग बाहर से आयेंगे उन्हें इस नीति के तहत उद्योग धंधे और कल कारखाने लगाने में मदद की जायेगी मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग अपने हुनर और कौशल का विकास करना चाहते हैं उन्हें सात निश्चय योजना के तहत नई तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जायेगा इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उपस्थित थे औरंगाबाद जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों के अभियान में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक एरिया कमांडर सहित तीन कट्टर नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है पूलिस अधीक्षक सुधीर कुमार पोरिका ने बताया कि रफीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कौआखाप गांव में सर्च अभियान के दौरान ये गिरफ्तारी की गयी उन्होंने बताया कि तीन नक्सली सुरक्षा बलों को चकमा देकर फरार हो गये गिरफ्तार नक्सलियों के पास से स्टेनगन बड़ी संख्या में कारतूस और नक्सली साहित्य जब्त किया गया है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है बर्फीली हवा के कारण कनकनी में और बढ़ोतरी होगी मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में रात के तापमान में तेजी से गिरावट देखी जा रही है कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है

नये वर्ष के आगमन को लेकर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है वहीं नये साल के जश्न को लेकर होटलों और रेस्त्राओं में कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा गया है प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है और निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के एक स्थान पर जुटने पर रोक रहेगी विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि नये वर्ष को देखते हुए मद्यनिषेध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये चेकपोस्ट और प्रमुख स्थानों पर वाहनों की जांच की जा रही है कई जिलों में भारी मात्रा में शराब जब्त की गयी है और तस्करों को गिरफ्तार किया गया है मेजर जनरल जीएबी रेड्डी को गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी का नया कमांडेंट बनाया गया है वे मौजूदा कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव का स्थान लेंगे मेजर जनरल रेड्डी कल पदभार ग्रहण करेंगे औरंगाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो पर अज्ञात अपराधियों ने आज लाठी डंडे से पीट पीटकर जदयू के नेता वैजनाथ चंद्रवंशी की हत्या कर दी पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी कर रही है मुजफ्फरपुर जिले में पोषण अभियान और अन्य गतिविधियां बेहतर ढंग से चलाने में सत्रह बाल विकास परियोजना समूहों को पुरस्कृत किया गया प्रत्येक समूह के अंतर्गत एक महिला पर्यवेक्षिका एएनएम आशा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका शामिल थीं जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने सम्मानित होने वाले हर समूह को पचास पचास हजार रूपये की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की

हर जरूरी वर्ग तक टीके की पहुंच सुनिश्चित की जायेगी

सबसे अधिक एक सौ उनचास मामले पटना में दर्ज किये गये सीबीएसई बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं चार मई से शुरू होंगी